राज्य सरकार ने बजरी के अवैध खनन के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान का बढ़ाया दायरा बाड़मेर जालौर और सिरोही जिलों को भी किया शामिल देशभर में आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का पर्व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

मास्क पहनें दो गज की दुरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

नई दिल्ली में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि यदि आगामी त्यौहारों और सर्दियों में हम पर्याप्त एहतियाती उपाय करेंगे और कोविड नियमों का समुचित पालन करेंगे तो इस महामारी से निपटने में हमारी स्थिति बेहतर होगी डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि जांच च्रोत की पहचान और उपचार की प्रकिया जारी रहनी चाहिए त्यौहारों के दौरान और अधिक एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मास्क पहनने हाथ साफ रखने और साधारण एहतियाती उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए ये उपाय काफी हद तक कोविड रोकथाम में प्रभावी हैं

बांसवाडा धौलपुर झालावाडा करौली तथा सिरोही में कल दस से कम नये संकमित मिले हैं वहीं टोंक और बारा में एक भी व्यक्ति में संकमण की प्रष्टि नहीं हई

राजधानी जयपुर में नगर निगम जयपुर हैरिटेज तथा ग्रेटर द्वारा शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दृरी का पालन करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है निगम द्वारा कल शहर के मुख्य चौराहों पर रंगोली बनाकर दो गज की दूरी बनाये रखे और नो मास्क नो एन्ट्री का संदेश दिया गया जयपुर के जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने रोटरी क्लब मेट्रो के उचित दूरी मास्क जरूरी अभियान का शुभारम्भ किया जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत लोक कलाकरों ने प्रस्तृति देकर लोगों को जागरूक किया विभिन्न विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया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

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

कल एक अन्य बैठक में डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में खनन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ ही माइनर और मेजर खनन क्षेत्र से जुड़े परिसंघों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रस्तावित खनिज नीति अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक पारदर्शी खनन तथा खोज को बढ़ावा देने वाली और राजस्व में बढ़ोतरी करने वाली होगी

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है एक संदेश में उन्होंने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है राष्ट्रपति ने लोगों से मात शक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेने का अनुरोध किया श्री कोविंद ने कहा कि देवी दुर्गा ने बुराई पर विजय पाने के लिए देवताओंकी सामुहिक शक्ति का उपयोग किया इससे संदेश मिलता है कि एकजुट होकर किसी भी संकट पर विजय पाई जा सकती है राज्य में भी दूर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है हमारे करौली संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालुओं को कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं